मुख्यमंत्री ने प्रदेश के जिला अस्पतालों में दस बेड और सभी मेडिकल कॉलेज में कम से कम पच्चीस बेड का पीडियाट्रिक आईसीयू बनाने के दिये निर्देश पिछले चौबीस घंटे में राज्य में कोरोना संक्रमण के बीस हजार चार सौ तिरसठ नये मामले सामने आये उन्तीस हजार तीन सौ अट्ठावन लोग हुए स्वस्थ प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टीईटी को अगले आदेश तक के लिये किया स्थगित कोविड मरीजों की संख्या बढ़ रही है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

मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें और अब समाचार विस्तार से रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ के हज हाउस में बनाये गये कोविड अस्पताल का निरीक्षण किया इसके साथ ही दो सौ पचपन बेड वाला यह अस्पताल मरीजों की सेवा के लिये शुरू हो गया है इस अस्पताल को हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के सहयोग से बनाया गया है अस्पताल में पच्चीस वॅटीलेटर बेड एक सौ एचएफएनसी बेड और एक सौ तीस ऑक्सीजनयुक्त बेड उपलब्ध हैं इस अवसर पर रक्षामंत्री ने संवाददाताओं को सम्बोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना महामारी से निपटने में तत्परता दिखाई है एक दिन पूर्व ही लखनऊ में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा स्थापित पांच सौ बेड का अस्पताल शुरू किया गया है रक्षामंत्री ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी कोविड नियंत्रण के लिये किये जा रहे प्रयासों के लिये उत्तर प्रदेश सरकार की सराहना की है उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने महामारी के इस संकट को चुनौती के रूप में स्वीकार किया और इससे निपटने के लिये गम्भीरता के साथ प्रयास किये हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार कोविड पर नियंत्रण के लिये लगातार उपाय कर रही है उन्होंने कहा कि एक दिन पूर्व ही वाराणसी में डीआरडीओ के सहयोग से स्थापित सात सौ पचास बेड का अस्पताल शुरू किया गया है उन्होंने कहा कि पीएम केयर फण्ड से राज्य के सभी जनपदों में ऑक्सीजन संयंत्र लगाये जा रहे हैं इसके अलावा विभिन्न विभागों और निजी कम्पनियों के सहयोग से जनपदों में तीन सौ ऑक्सीजन संयंत्र भी स्थापित किये जा रहे हैं प्रदेश में कोविड टीकाकरण सुचारू ढंग से चल रहा है अब तक एक करोड़ उन्तालीस लाख से अधिक लोगों को टीका लगाया जा चुका है पैंतालीस वर्ष से अधिक आयु के एक करोड़ दस लाख से ज्यादा लोगों को पहला टीका और अट्ठाईस लाख उन्सठ हजार से ज्यादा लोगों को कोविड का दूसरा टीका लगाया जा चुका है प्रदेश के अट्ठारह जनपदों में अट्ठारह से चौवालीस वर्ष के आयु वर्ग के लोगों का भी टीकाकरण जारी है इस आयु वर्ग के एक लाख छियासठ हजार से अधिक लोगों को टीका लगाया जा चुका है अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि प्रदेश सरकार ने पर्याप्त टीकों की आपूर्ति के लिये वैश्विक स्तर पर टैंडर जारी किया है उन्होंने विश्वास जताया कि जल्द ही अन्य देशों की कम्पनियां प्रदेश को टीका उपलब्ध कराने के लिये आगे आयेंगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के जिला अस्पतालों में दस बेड और सभी मेडिकल कॉलेज में कम से कम पच्चीस बेड का पीडियाट्रिक आईसीय बनाने के निर्देश दिये हैं उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग इस सम्बन्ध में व्यापक कार्ययोजना बनाकर जल्द से जल्द कार्य शुरू करें

उन्होने कहा कि सभी जिलाधिकारी सुनिश्चित करें कि उनके जनपद में उपलब्ध वेंटीलेटर और ऑक्सीजन कसंट्रेटर कार्यशील अवस्था में रहें उन्होंने सभी जरूरतमंद व्यक्तियों को रेमडेसिविर इन्जेक्शन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिये हैं प्रदेश में कोरोना संक्रमण से ठीक होने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है पिछले चौबीस घंटों में राज्य में महामारी से उन्तीस हजार तीन सौ अट्ठावन लोग स्वस्थ हुए हैं जबकि इस दौरान बीस हजार चार सौ तिरसठ लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुयी है प्रदेश में इस समय कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या दो लाख सोलह हजार सत्तावन है अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में कोविड नमूनों की जांच का काम तेजी के साथ जारी है एक दिन पूर्व राज्य में दो लाख तैंतीस हजार से ज्यादा नमूनों की जांच की गयी अब तक चार करोड़ चौंतीस लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है प्रदेश के सत्तानबे हजार से अधिक राजस्व गांवों में कोरोना संक्रमितों की पहचान के लिये बड़े स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है राज्य के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि इस अभियान के तहत अब तक चार लाख लोगों की जांच की गयी है जिसमें से पैंतालीस हजार लोग कोरोना संक्रमित पाये गये हैं श्री सहगल ने बताया कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना मरीजों के उपचार की व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिये सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों सीएचसी पर बीस बीस ऑक्सीजनयुक्त बेड लगाये जा रहे हैं उन्होंने बताया कि जनपदों में चार हजार पांच सौ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेज दिये गये हैं और सत्रह हजार कंसंट्रेटर खरीदने के लिये टेंडर की प्रक्रिया लगभग पूरी हो गयी है श्री सहगल ने कहा कि प्रदेश सरकार की आक्रामक नीति के फलस्वरूप ही कोरोना के मामलों में पिछले दस दिनों में चौरानबे हजार तक की कमी आई है उन्होंने बताया कि कोविड नमूनों की जांच की संख्या तेजी से बढ़ाई जा रही है और अगले एक हफ्ते में आरटीपीसीआर जांच में पच्चीस प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हो जायेगी श्री सहगल ने बताया कि कल प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों में रिकॉर्ड एक हजार ग्यारह मीट्रिक टन ऑक्सीजन उपलब्ध कराई गई उन्होंने कहा कि राज्य में रेमडेसिविर की उपलब्यता अब पर्याप्त मात्रा में हो गई है श्री सहगल ने कहा कि राज्य में गेहूँ खरीद का काम तेज गति से चल रहा है अब तक इक्कीस लाख पैंतालीस हजार मीट्रिक टन गेहूँ की खरीद की जा चुकी है उन्होंने बताया कि अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि गेहूँ खरीद के बहत्तर घंटे के अन्दर किसानों को भुगतान अवश्य कर दिया जाये राज्य में कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टीईटी को अगले आदेश तक के लिये स्थगित कर दिया है कल जारी बयान में कहा गया कि परीक्षा की नई तिथि और परीक्षा सम्बन्धी विस्तृत कार्यक्रम कोविड संक्रमण व अन्य परिस्थितियों को देखते हुए बाद में जारी किया जाएगा प्रदेश सरकार के आवास एवं शहरी नियोजन राज्य मंत्री गिरीश चन्द्र यादव ने कल जौनपुर के जिला अस्पताल में पीएम केयर फण्ड से स्थापित ऑक्सीजन संयंत्र और आरटीपीसीआर लैब का उद्घाटन किया ऑक्सीजन संयंत्र लग जाने से जनपद में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने में सहायता मिलेगी साथ ही आरटीपीसीआर लैब शुरू होने के बाद अब जिले में ही आरटीपीसीआर जांच की जा सकेगी अभी तक आरटीपीसीआर जांच के नमूने वाराणसी भेजे जाते थे उधर लखीमपुर खीरी जनपद में कल साढ़े आठ मीट्रिक टन तरल ऑक्सीजन की खेप पहुंची जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में आवश्यकतानुसार ऑक्सीजन उपलब्ध करायी जा रही है प्रदेश के कई स्थानों पर पिछले बारह घंटों के दौरान वर्षा होने के समाचार हैं बलरामपुर पीलीभीत कौशाम्बी सहित आसपास के क्षेत्रों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गयी

कई सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर इस सम्बन्ध में भ्रामक संदेश प्रसारित किए जा रहे हैं जो पूरी तरह बेबुनियाद और गलत है